मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहमत के फैसले में आधार कानून को वैघ ठहराया लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को निरस्त भी कर दिया बैंक खाता खुलवाने मोबाइल कनेक्शन हासिल करने और स्कूलों में नामांकन के लिए अब आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है

शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति की कुल आबादी पर विचार किया जाए नर्मदा लिंक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन जिले के तराना में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना का भूमिपूजन करेंगे इस मौके पर नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री लालसिंह आर्य उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह और ऊर्जामंत्री पारस जैन मौजूद रहेंगे वहीं मुख्यमंत्री कल नर्मदा के संगम स्थल कलमेरवाड़ी में नर्मदा मालवा लिंक योजना का लोकार्पण करेंगे

यह सम्मेलन होशंगाबाद जिले के पिपरिया में आयोजित किया जायेगा इसी दिन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे जहां जिले के पात्र पंजीकृत किसानों के सत्यापित बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की जायेगी यह प्रोत्साहन राशि योजनातंर्गत प्याज लहसून चना मसूर सरसों ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल के लिये दी जायेगी राशि के भुगतान की सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डाक्टर राजेश राजोरा ने नीमच रतलाम और मन्दसौर जिले को छोड़कर शेष जिलों के कलेक्टरों को किसान सम्मेलन के आयोजन के बारे में निर्देश जारी किये हैं इन तीनों जिलों के किसानों को पूर्व में ही भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जा चुका है राहुल गांधी दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल से मध्यप्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे इस दौरान श्री गांधी चित्रकूट में मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे

इसी के तहत आज निर्वाचन में मीडिया की भूमिका के सम्बन्ध में भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है सेमिनार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कान्ता राव सहित भारत निर्वाचन आयोग के मीडिया एवं कम्यूनिकेशन महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा और राज्य निर्वाचन आयोग के ज्वाइंट सीईओ राजेश कौल उपस्थित हैं मराठी मिल्मोत्सव मराठी साहित्य अकादमी द्वारा तीन दिवसीय मराठी फिल्मोत्सव रजत रंग आज से शुरू हो रहा है फिल्मोत्सव का आयोजन भोपाल स्थित राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में होगा इसका शुभारंभ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश उपासने करेंगे

इसके साथ ही कल से अक्टूबर तक खंडवा शिवपुरी समेत विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा